कोविड महामारी के मद्देनजर यह सत्र दो पालियों सुबह नौ से एक बजे और शाम को तीन बजे से सात बजे तक चलेगा

सत्र में अध्यादेशों के स्थान पर ग्यारह विधेयक पेश होंगे सत्र में नये विधेयक भी पेश और पारित किये जाने की संभावना है कोविड महामारी के बीच संसद का यह पहला सत्र होगा सत्र में दोनों सदनों के सदस्य दूर दूर बैठेंगे दीर्घा में भी परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन किया जायेगा

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सागर में व्यापारियों ने आज दुकाने बंद रखी छिंदवाड़ा में भी अधिकांश व्यापारियों ने दुकाने बंद रखी

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत ऑटो चालकों को जोड़ने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि जो भी जरूरतमंद होगा उसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है

वे हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे इस मौके पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्रीगण सांसद तथा विधायकगण एक साथ खाद्यन्न वितरण का शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों और वार्डो में भी अन्न उत्सव मनाया जाएगा

प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए निशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गई थी

इस परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के लिये शासन के तय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया

विगत डेढ़ महीने से चल रही ई ऑफिस प्रणाली की समूचे मध्यप्रदेश मे सराही जा रही है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ई ऑफिस प्रणाली के साथ साथ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक दर्जन से भी अधिक आईटी के ऐसे अनुप्रयोग लागू हैं जो कि देश के पॉवर सेक्टर में एक मिसाल बन गए हैं ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने से उपभोक्ताओं के कार्य जल्दी हो रहे है और कार्यालयीन कार्य में समय की बचत हो रही है

इसी गूरू शिष्य परम्परा पर फिल्मकार चैतन्य तम्हाड़े ने द डिसाइपल फिल्म का निर्माण किया इस फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में इंटरनेशनल किटिक्स पुरस्कार के लिये चुना गया है फिल्म में गुरू शिष्य परम्परा पर आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों के तीस सालों के सफर को दर्शाया गया है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मकार चैतन्य तम्हाड़े को इस सफलता पर बधाई दी है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

नमस्कार